श्रीमोदी ने अपने द्वीट संदेश में कहा कि वह इस अद्वितीय संवाद से देशमर के अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ जुड़ने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं

अभियान में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी

इस मौके आयोग के सदस्य मानसिंह मोहन चौहान मीरा वालिया रंचना गुप्ता और सचिव संजीव पठानिया भी मौजूद रहें

कृषि विमाग के उपनिदेशक आरसी भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में कृषि विभाग के अलावा बागवानी पशु पालन मत्स्य व आत्मा परियोजना और विभिन्न बैंकों की सहभागिता भी रहेगी उन्होंने कहा कि इस दौरान कृषि बागवानी के वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद करेंगे

उपायुक्त विकास लाबरू ने बताया कि बैठक में टीकाकरण स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जाएगी उपायुक्त ने लोगों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आहवान किया

भुट्टिको अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने बताया कि ये पुरस्कार साहित्य कला भाषा संस्कृति प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बुनकर विधा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट प्रतिभाओं को दिए जाते हैं नेपाल की सांसद ओम देवी मल्ला को सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया साहित्य क्षेत्र में डॉ हेमराज कौशिक जबकि प्रिंट मीडिया में आलोक कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नीरज मित्तल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि देश में खून की कमी यानि अनीमिया रोग से अधिकांश बच्चे ग्रसित हैं जिसका एक मुख्य कारण बच्चों में पनपने वाले कृमि हैं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

अब हर जिले की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है जिला सुशासन सूचकांक के मापदंड पर काम करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल अखबार की एक अन्य खबर है लंबा हुआ प्रतिनियुक्ति पर गए अफसरों का इंतजार आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अधिकारी आज का काम आज ही निपटाएं नागरिक सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री ने आठ विभिन्न पहलों का किया शुमारम्म पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रधानमंत्री आवास योजना में कांगड़ा अव्वल दिव्य हिमाचल के शब्द है पीएमएवाई के तहत मिला एक्सीलेंस अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीसी किए पुरस्कृत हिमाचल दस्तक का शीर्षक है दिल्ली में कांगड़ा को भिला प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड आपका फैसला लिखता है कांगड़ा का देशभर में डंका प्रधानमंत्री मोदी के हाथों सम्मान रिकांगपियो में परिवहन निगम की बस के नदी में गिरने की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए हैं पंजाब केसरी के शब्द हैं रिकांगपियों परिवहन निगम की बस दूर्घटनाग्रस्त चार की मौत

दैनिक भास्कर की एक खबर है कुल्लु मनाली के अवैध होटल मामले में एनजीटी में सुनवाई सरकार की रिपोर्ट खारिज सप्ताहभर में दोबारा मांगी एक लाख रूपये जुर्माना लगाया अमर उजाला लिखता है ऊना और हमीरपुर के उपायुक्त बदले दिव्य हिमाचल का शीर्षक है डॉ ऋचा हमीरपुर राकेश कुमार ऊना के नए उपायुक्त दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय बेटियों पर नाज में लिखता है किन्नौर की रेणुका उना की अंजूम मौदगिलसिरमौर की डिंपल और मंडी जिले की जबना चौहान जैसी बेटियों ने प्रदेश को फिर गौरान्वित होने का मौका दिया है